तीन आसान उपायों का पालन और करें सुरक्षित रहें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 और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की बैठक में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम चार महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया इससे कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी इस निर्णय से कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम एक महीने का समय दिया जाएगा बैठक में वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा कोविड संबंधी कार्य में लगे मेडिकल विद्यार्थियों और कर्मियों का टीकाकरण सर्वप्रथम किया जाएगा सभी प्रोफेशनल को सौ दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री का विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाओं को पत्र लिखकर कहा है कि वे बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हए मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दें उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाओं के प्रमुखों को मई महीने में निर्धारित ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी सभी संस्थाओं से पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और इस संबंध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के बीच नए मामले सामने आने के बाद भी एक करोड़ बासठ लाख तिरानबे हजार से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो गए हैं स्वस्थ होने की दर इक्यासी दशमलव सात सात प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मरीजों के स्वस्थ होने में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण रहा है उन्होंने कहा कि स्वस्थ होने की दर अटठहतर प्रतिशत से बढ़कर बिरासी प्रतिशत के करीब पहंच गई है श्री अग्रवाल ने कहा कि नियमित रूप से किए जा रहे कार्य के आरंभिक परिणाम नजर आ रहे हैं कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ना सकारात्मक रूझान है लेकिन उपचाराधीन रोगियों में वृद्धि अब भी चुनौती बनी हुई है

देश में सक्रमित मरीजों की संख्या दो करोड़ के पार पहुंच गई है

झारखंड में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या बढ़कर उनसठ हजार छह सौ पच्छहतर पहुंच गई है जबकि पांच हजार छह सौ चौदह मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं राज्य में प्रभावी मिनी लॉकडाउन और अन्य किए गए उपायों के उपरान्त संक्रमण की दर में सात प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है फिलहाल राज्य में संक्रमण दर तेरह दशमलव तीन आठ प्रतिशत पाया गया है पिछले चौबीस घंटो में कुल छह हजार आठ सौ निन्यानबे नये सक्रिय मामले सामने आए हैं कल राज्य में एक सौ उनतीस संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर पच्छहतर दशमलव शून्य तीन प्रतिशत हो गई है और लगातार स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है गढ़वा जिले में सदर अस्पताल में अधिष्ठापित ऑक्सीजन प्लांट ने पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर दिया है इसके साथ ही गढ़वा सदर अस्पताल में कोविड सेंटर में लगाये गये बेडों में ऑक्सीजन की आपूर्ति चालू कर दी गयी है

सोलह किलोमीटर से भी कम दूरी वाली ट्रेनों में लगातार यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है जिसके मददेनजर इन ट्रेनों को स्थिति सामान्य होने तक रदद किया जा रहा है आज से आसनसोल टाटा आसनसोल सियालदह और आसनसोल दीघा के बीच ट्रेन नहीं चलेगी सात मई से धनबाद से हावड़ा जानेवाली कोलफील्ड एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस अगले आदेश तक रद हो जाएगी आसनसोल से खुलने वाली कई ट्रेनों को चार मई से ही अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी हो गया है कोरोना संक्रमण के कारण यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है कम यात्रियों के साथ चलने से रेलवे को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन एपीआई चिकित्सा ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्रायोजेनिक टैंक और कोविड टीके सहित चिकित्सा सामग्री के आयात पर आई जीएसटी हटाने का फैसला किया है

इससे पहले केंद्र सरकार ने इन चिकित्सा सामग्री पर आयात शुल्क और स्वास्थ्य उपकर भी हटा दिया था इस छूट से निशुल्क वितरण के लिए कोविड राहत सामग्री का बिना आई जीएसटी भुगतान के निशुल्क आयात हो सकेगा राज्य सरकारों से आयातकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नोडल प्राधिकरण नियुक्त कराने को कहा गया है केन्द्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुवात की है

इस पर दस हजार नौ सौ करोड़ रूपए का परिव्यय होगा इसका उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधनों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को लोकप्रिय बनाने में सहयोग देना है मंत्रालय ने इस योजना के तहत तीन श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए है जिससे संबंधित शर्ते न्यूनतम निवेश चयन प्रक्रिया और अन्य ब्यौरे दिशा निर्देश में दिए गए हैं केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया के इस दाये का खंडन किया है जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम कोविप्री बताया जा रहा है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि कोविप्री नाम का कोई भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है लोगों को सलाह दी गई है कि अप्रमाणित स्रोतों से चिकित्सा सामान न खरीदें और नकली दवाइयों तथा इंजेक्शन लेने से सतर्क रहें

कोविड महामारी ने देश में अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है सरकार संक्रमण को फैलने से रोकने और लोगों को चिकित्सा तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड रही है लेकिन गैर सरकारी संगठन और कुछ लोगों के समूह भी लोगों की परेशानी दूर करने के लिए शानदार प्रयास कर रहे हैं वे जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता और खाने पीने की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं राज्य के कई जिलों में कल हुई बारिश तेज आंधी और वज्रपात से चार लोगों की मौत हो गई है

पुलिस सूत्रों ने बताया सभी लोग एक नए घर हुई ढलाई में काम कर रहे थे राज्य में प्री मौनसून गतिविधि बढ़ने से मौसम विभाग ने छह मई तक बारिश और वजपात की संभावना जताई है विभाग ने सभी लोगों को इस दौरान घर पर रहने और वजपात से बचने का भी अलर्ट जारी किया है तेज आंधी की वजह से आम के फलों एवं महुआ के फूलों को काफी नुकसान पहुंचा है साथ ही कई इलाकों में बारिश होने से तापमान में गिरावट आयी है अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या दो करोड़ से पार होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है वहीं केन्द्र सरकार द्वारा नीट पीजी की परीक्षा स्थगित करने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है प्रभात खबर ने कोविड डयूटी में जूनियर डॉक्टर और चिकित्साकर्मियों की उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए नीट पीजी की परीक्षा को स्थगित करने के फैसले की खबर को पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान और दैनिक अग्रेजी समाचार हिन्दुस्तान टाईम्स ने देश में संक्रमितों की सख्या दो करोड़ पार की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने झारखंड में अस्पतालों और डाक्टरों की कमी से जुड़ी खबर को स्पेशल पैकेज के तौर पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने कोरोना से राहत के संकेत नामक शीर्षक से कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की खबर को अपनी पहली लीड बनाया है